उन्होंने कहा राष्ट्र तभी स्वावलम्बी बनेगा जब हम संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी बनेंगे आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाये पूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र आसियान रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान की साझेदारी परम्परा और भौगोलिक स्थिति से जुड़ी है आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केन्द्र रहा है भारत के इंडो स्पेसिफिक ओसन इनिसेटिव और आसियान के आउटलुक और इंडो स्पेसिफिक के बीच कई समानताएं हैं हम मानते हैं कि सिक्युरिटी एंड ग्राथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोएसिव एंड रिसपॉनसिव आसियान आवश्यक है भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना फिजिकल आर्थिक सामाजिक डिजिटल फाइनेंसियल मेरिटाइन हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान पिछले कुछ वर्षो में इन समी क्षेत्रों में निकट आए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वर्यअल माध्यम से जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद की यह प्रतिमा उस ज्योर्तिपूज का प्रतिबिंब है जिसने भारत में नई चेतना का संचार किया ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि ये उस विचार की ऊचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिवय दिया उनके पास वेदांत का अगाय ज्ञान था उनके पास एक विजन था वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है वो भारत के विश्व ब्युत्त के संदेश को लेकर दुनिया में गए भारत के सांस्कृतिक वैमव को विचारों को परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा गौरवपूर्ण तरीके से रखा प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि इस प्रतिमा से लोगों को वैसा ही साहस और प्रेरणा प्राप्त होगी जैसा स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा लोगों को करुणा का संदेश भी देगी जो स्वामीजी के दर्शन का आधार है श्री मोदी ने कहा कि देश स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ रहा है जब हम आत्मनिर्मर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फीजिकल या मटीरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है आत्मनिर्मरता का अर्थ भी व्यापक है दायरा भी व्यापक है उसमें गहराई भी है उसमें ऊंचाई भी है आत्मनिर्मर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ और संस्कारों में भी आत्मनिर्मर बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं का चयन और पद स्थापन उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जा रहा है जिससे उनकी ऊर्जा और कौशल का प्रदेश के विकास के लिये पूरा उपयोग किया जा सकें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार की पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता और मेदभाव रहित नीति के अनुसार विभिन्न विभागों में पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में लोक सेवा आयोग द्वारा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के नव चयनित एक हजार चार सौ अड़तीस अवर अमियताओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने पांच नव चयनित अमियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये उन्होंने भरोसा जताया कि जिस निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अम्यर्थियों का चयन हुआ है वे उसी प्रकार से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्वता के साथ अपने विभाग में कार्य सम्पादन करेंगे

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के समी प्रमुख मानदंड सकारात्मक हैं

वित्तमंत्री ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पीएमआई सुचकांक ऊर्जा के उपमोग जीएसटी वसुली बैंक ऋण और विदेशी पोर्टपोलियों निवेश दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है

वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों के साकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलम्बन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान संचालित है इसके दृष्टिगत प्रतिबद्वता के साथ कार्य करते हुए महिलाओं की सुरक्षा में पूरी सतर्कता बरती जाये श्री योगी कल लखनऊ में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि त्यौहारों और पर्वो को देखते हुए लोगों को कोरोना के बारे में लगातार जागरूक किया जाये

उधर राज्य में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के दो हजार दो सौ सड़सठ नये मामले सामने आये हैं

वहीं पॉजिविटी दर लगभग एक दशमलव तीन प्रतिशत है

इस अवसर पर सरयू तट राम की पैड़ी तथा अन्य स्थानों पर पांच लाख इक्यावन हजार से अधिक मिट्टी की दीये जलाने की व्यवस्था की गई है

यहां पहली बार वर्चुअल माध्यम से भी दीप प्रज्ज्वलित करने की व्यवस्था की गई है

एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से होंगे जगमग दीप असंख्य लौटेंगे घर राम स्वागत करने पहुंचेगा जगत अयोध्या धाम